उनके पार्थिव शरीर को उनकी पुत्री नमिता कौल भट्टाचार्य ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मुखाग्नि दी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मृति स्थल पर दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और श्रीलंका के कार्यवाहक विदेश मंत्री लक्ष्मण किरैला ने भी श्री वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की थलसेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बी एस धनोआ ने भी श्री वाजपेयी के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन पूर्व प्रधानंत्री मनमोहन सिंह भाजप अध्यक्ष अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी तथा रक्षामंत्री निर्मला सीतारामन ने भी श्री वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय से शव यात्रा का नेतृत्व किया श्री मोदी के साथ उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी भाजपा अध्यक्ष अमित शाह कई राज्यों के मुख्यमंत्री और अन्य नेता भी शव यात्रा के साथ स्मृति स्थल गए शव यात्रा में हजारों की संख्या में आम लोग भी शामिल हुए शव यात्रा के रास्ते में लोगों ने पार्थिव शरीर पर फूल बरसाये दिवंगत नेता के आखिरी दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी तिरानवें वर्षीय श्री वाजपेयी का लंबी बीमारी के बाद कल शाम दिल्ली के एम्स में निधन हो गया था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नंरेंद्र मोदी ने भाजपा के दिग्गज नेता के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्री वाजपेयी को यह कहकर एक सच्चा भारतीय बताया है कि उनके नेतृत्व दूरदर्शिता परिपक्वता और वाकपटुता की विशिष्ट शैली ने उन्हें असाधारण बना दिया उन्होंने कहा कि महान व्यक्तित्व वाले अटल जी की कमी सभी को खलेगी उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडु ने अपने शोक संदेश में कहा है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी बहुत ही मिलनसार और सर्वप्रिय प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहा कि श्री वाजपेयी के निधन से देश ने एक बहुमूल्य रत्न खों दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के विचार आदर्श और शब्द हमेशा लोगों के साथ रहेंगे और उन्हें प्रेरित करते रहेंगे उन्होंने कहा कि अटल जी के निधन से भारत ने अपना अनमोल रत्न खो दिया है श्री मोदी ने कहा कि अटल जी के निधन से एक यूग का अंत हो गया है और शून्य की स्थिति पैदा हो गई है जिसे कभी भरा नहीं जा सकता राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा और मुख्य मंत्री पेमा खांडू ने भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर शोक व्यक्त किया राज्यपाल ने कहा कि श्री वाजपेयी एकता सौहार्द और धर्मनिरपेक्षता के राजदूत थे उन्होंने कहा पूर्व प्रधानमंत्री जी एक महान द्रदर्शी और भारत के सबसे सम्मानीय नेता थे लोकप्रिय नेता के सम्मान में सात दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है गृह मंत्रालय की विज्ञप्ति में कहा गया है कि पूरे देश में इस महीने की बाईस तारीख तक राष्ट्र ध्वज आधा झुका रहेगा विदेशों में सभी भारतीय द्रतावासों पर भी आज राष्ट्र ध्वज झुका रहेगा केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रमों में आज आधे दिन का अवकाश घोषित किया गया था अरुणाचल प्रदेश में विधायी सचिवों ने राज्य सरकार में अपना पद खो दिया है राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा ने एक आदेश में कहा कि अरुणाचल प्रदेश विधान सभा के सभी तेईस सदस्यों की विधायी सचिव के पद को समाप्त किया जाए गुवाहाटी उच्च न्यायालय के ईटानगर की स्थायी बैंच से मिले निर्देश के बाद राज्यपाल ने ये आदेश जारी किया है ये आदेश न्यायालय द्वारा घोषित की गई तारीख से प्रभावी ढंग से लागू की जाएगी उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने पूर्वोत्तर के विज्ञान एवं तकनिकी संस्थान के विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद और वर्षा वन अनुसंधान संस्थान से अरुणाचल के अनुसंधान एवं विकास विंग को विकसित करने में सहयोग तथा सहायता देने को कहा असम के जोरहाट में कल संस्थानों का दौरा करते हुए श्री मेन ने संस्थान के प्रमुखों से ग्रामीणों के लाभ के लिए तकनिकी सहयोग और कई अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए संशाधनों का साझाकरण पर अरुणाचल प्रदेश के राज्य बागवानी अनुसंधान एवं विकास संस्थान तथा राज्य वन्य अनुसंधान संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को कहा उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश समृद्ध जैव विविधता से परिपूर्ण है जों ग्रामीण लोगों को बदले में पर्याप्त आर्थिक सहायता दे सकता है